भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की यह वर्चअल बैठक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने आयोजित की है इस वर्ष मार्च में अमरीकी राष्ट्रपति के साथ यह बैठक हई थी बैठक के पूर्व एक संयुक्त लिखित वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने संबंधों को आगे बढाने के लिए व्यापार और निवेश के रिश्ते मजबूत करने के लिए तथा प्रभावी बहु पक्षवाद और नियम आधारित व्यवस्था को समर्थन देने के लिए इस अवसर का भरपूर उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया आज की बैठक में कोविड महामारी से निपटने और स्वास्थ्य देखमाल के बारे में सहयोग सतत और समावेशी विकास भारत यूरोपीय संघ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा

इसमें वैक्सीन की बर्बादी भी शामिल है

झारखंड में कोरोना के सकिय मामलों की संख्या बढ़कर इकसठ हजार एक सौ सतहतर पहुंच गई है जबकि पांच हजार दो सौ तिरानबे लोग स्वस्थ होकर वापस अपने घरों को लौटे हैं राज्य में एक हफ्ते के लिए मिनी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है इस दौरान संक्रमण की दर में सात प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब पंद्रह प्रतिशत के लगभग पाया गया है पिछले चौबीस घंटों में कुल पांच हजार नौ सौ तिहतर नये सक्रिय मामले सामने आए हैं कल राज्य में एक सौ छत्तीस संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक सताईस लाख दस हजार सतर लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुंकी है राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर छिहतर दशमलव पांच दो प्रतिशत हो गई है ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है दुमका में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन सख्ती बरत रहा है

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटो में तीन लाख अठारह हजार लोग स्वस्थ हुए भारत में स्वस्थ होने की दर बढकर इक्यासी दशमलव नौ प्रतिशत हो गई है कोविड से स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या बढ़ना सकारात्मक रूझान है लेकिन उपचाराधीन रोगियों में वृद्धि अब भी चुनौती बनी हुई है

यह संख्या कुल संक्रमित लोगों का सत्रह प्रतिशत है देश में सक्रमित मरीजों की संख्या दो करोड़ अड़तीस लाख से अधिक हो गई है

इसके साथ ही देश में महामारी से मरने वालों की संख्या दो लाख अड़तीस हजार से अधिक हो गई है

केंद्र सरकार ने कोविड प्रबंधन के लिए आयुष आरोग्य पद्धतियों से जुडे प्रशिक्षित चिकित्साकर्मियों को शामिल करने का परामर्श जारी किया है आयुष मंत्रालय ने कहा है कि आठ लाख आयुष पेशेवरों का एक पूल कोविड से जुड़े कार्य करने के लिए उपलब्ध रहेगा कोविड से लड़ने में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले किए गए फैसले के क्रम में आयुष पेशेवरों की सेवायें ली जाएंगी मंत्रालय ने कहा है कि आयुष डॉक्टर संस्थागत रूप से योग्य पेशेवर और चिकित्सा देखभाल के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं मंत्रालय कर्मियों की तैनाती में और आयुष अस्पतालों को समुचित सुविधाओं से युक्त कोविड अस्पतालों में बदलने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग प्रदान करेगा

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा है कि ठोस और कारगर उपायों से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर रोकी जा सकती है इससे पहले उन्होंने कहा था कि कोविड की तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता डॉक्टर राघवन ने कहा कि तीसरी लहर इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्यों में स्थानीय स्तर पर दिशा निर्देश कितने प्रभावकारी ढंग से लागू किए गए उन्होंने कहा कि एहतियात निगरानी प्रबंधन उपचार और परीक्षण के दिशा निर्देशों के समुचित पालन से संक्रमण का प्रसार रोका जा सकता है नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि म्यूकर माइकोसिस मधुमेह से पीड़ित लोगों पर ज्यादा असर करता है इसे काली फफूंद के नाम से भी जाना जाता है कोविड मरीजों में म्यूकर माइकोसिस के प्रभाव की खबरों के बारे में उन्होंने कहा कि इस संक्रमण का केवल उन पर ही असर होता है जो उच्च ब्लड शूगर से पीड़ित हैं डॉक्टर पॉल ने कहा कि यह एक फफूंद होता है जो नम सतह पर पनपता है और इसका उन मरीजों पर कम असर होता है जो मध्मेह के रोगी नहीं है उन्होंने लोगों से इस बीमारी पर रोक लगाने के लिए अपने शुगर लेवल को नियंत्रण में रखने को कहा उन्होंने कहा कि स्टेरॉयड के अधिक उपयोग से बचना चाहिए क्योंकि इसका द्वष्प्रभाव पड़ सकता है केंद्र सरकार के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय और संस्थान द्वारा अगर ऑफलाइन परीक्षा लेने संबंधी कोई कार्यक्रम जारी किया गया है तो उसे तत्काल स्थगित कर दिया जाए कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य के सभी विश्वविद्यालय कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में इस वर्ष इक्तीस मई तक किसी प्रकार की ऑफलाइन परीक्षा नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया है आयोग ने यह भी कहा कि स्थानीय परिस्थिति और जारी गाइडलाइन के आधार पर ही ऑनलाइन परीक्षा लें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए एक नया मोबाइल ऐप शुरू किया है

देशभर में टोल फ्री नंबरों से काउंसलिंग देने की मौजूदा प्रक्रिया के स्थान पर बोर्ड ने घर में सुरक्षित वातावरण में विद्यार्थियों और अभिभावकों की कठिनाइयां दूर करने और उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए यह ऐप तैयार किया है इसके माध्यम से प्रशिक्षित परामर्शदाता सोमवार बुधवार और शुक्रवार को निःशुल्क परामर्श सत्र आयोजित करेंगे विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक और दोपहर डेढ बजे से शाम पांच बजे तक दो स्लॉट बनाए गए हैं उन्हें इनमें से एक स्लॉट चुनना होगा और अपनी सुविधा के अनुसार चैट बॉक्स से जुडना होगा

इस दौरान मेघ गर्जन और कहीं कहीं वजपात होने की आशंका है मौसम विभाग के अनुसार आज पाकड़ साहेबगंज दुमका और गोड्डा जिले में अगले दो से तीन घंटे में हल्के दर्जे की मेघगर्जन तथा वज्रपात के साथ हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान है मौसम विभाग ने इन जिलों में वजपात से बचने के लिए येलो अलर्ट जारी किया है